वे आज धर्मशाला में कृषि विभाग द्वारा फसल विविधिकरण का किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि परियोजना की सफलता के लिए सिंचाई व्यवस्था की योजना निष्मादन और रखरखाव के लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त करने में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और विधायक रवि धीमान व विशाल नैहरिया और कृषि विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा सहित जीका के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में मौजूद रहे विपिन परमार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में स्थिति की निगरानी के लिए राज्य और जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला और टांडा मैडिकल कॉलेज के अलावा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड स्थापित कर दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चीन या अन्य वायरस प्रभावित देश से आने वाले लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैकलोडगंज में कोरोना जागरूकता कक्ष स्थापित किया गया है

इस बीच स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा सोलन में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में लगाई गई कार्यशाला में स्वास्थ्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विनोद शर्मा ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों व योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकर ने युवाओं से सकारात्मक सोच और कठिन परिश्रम के साथ जीवन में आगे बढ़ने का आहवान किया है मनाली में एनएसएस के अभिनंदन समारोह में आज उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए गए हैं गोविंद ठाक्र ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाओं का सुजन किया जा रहा है उन्होंने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले क्षेत्र के दो एनएसएस वॉलेंटियर्ज को भी सम्मानित किया

एक बयान में उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि क्षेत्र में पानी की विभिन्न स्कीमों पर अगले दो वर्ष में करीब एक सौ करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे ताकि पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सके कार्यशाला राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने समाज में महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की ज़रूरत पर बल दिया है शिमला में आज महिला सुरक्षा विषय पर आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला के श्भारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में महिला प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे मामले बढ़ रहे हैं जिन पर अंकृश लगाने के लिए समाज में जागरूकता लाना ज़रूरी है डेजी ठाक़्र ने कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच पूरी दक्षता से की जानी चाहिए ताकि उन्हें समय पर न्याय मिल सके राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन शिमला से आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत सामग्री के सात वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया ये वाहन राज्य रेडक्रॉस द्वारा प्रदेश की ज़िला रेडक्रॉस शाखाओं को भेजे गए हैं

राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहीं स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में आज बैरघट्टा कण्ढेरा पुल का शिलान्यास किया

इस अवसर पर विपिन परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रदेश में सड़क नेटवर्क को विस्तृत करने में सहायता मिली है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने सीमेंट के दाम में बढौतरी पर चिंता जताई है

राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमेंट कम्पनियों के आगे पूरी तरह लाचार और नतमस्तक नजर आ रही है उन्होंने मुख्यमंत्री से सीमेंट के दाम जल्द कम करने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि दो वर्ष की समय अवधि में सभी चयनित गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इन्हें आदर्श गांव बनाया जाएगा शिल्प मेला सुरजकंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में अनफोरगेटेबल हिमाचल थीम पर कल फैशन शो का आयोजन किया गया इस दौरान प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर रितु बेरी ने प्रदेश के परिधानों को प्रस्तुत किया और चंबा के सांस्कृतिक दल ने पारम्परिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दी सांसद सुरेश कश्यप और मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची भी इस अवसर पर मौजूद रहे मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी और राज्य के हस्तशिल्प हथकरघा और अन्य उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकलन भी किया

पहली उड़ान भुंतर बारिंग भुंतर दूसरी भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी

इस दौरान सूक्ष्म लघ् व मध्यम उद्यमों से संबंधित विषयों पर उद्यमियों सहित आम लोगों को जागरूक किया जाएगा आरबीआई के प्रभारी महाप्रबंधक केसीआनंद ने आज शिमला में बताया कि एमएसएमईइकाईयों का देश के औद्योगिक उत्पादन निर्यात और जीडीपी में सराहनीय योगदान रहा है उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक इन इकाईयों की दिक्कतों के निवारण के लिए कटिबद्ध है